न् राज्य में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू पहले दिन एक हजार नौ सौ पचास लोगों ने लिया टीका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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल का दौरा कर रहे हैं श्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले चेन्नई में अर्जुन युद्धक टैंक एम वन ए का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करत हुए कहा कि राज्य के किसानों ने आनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चेन्नई में श्री मोदी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे

नौ किलोमीटर लम्बी यह रेल लाइन उत्तरी चेन्नई को हवाई अड्डे और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी प्रधानमंत्री चेन्नई बीच और अत्तिपत्त् के मध्य चौथी रेल लाइन का उदघाटन भी करेंगे

यह रेलखण्ड चेन्नई बंदरगाह को एन्नूर बंदरगाह से जोड़ेगा प्रधानमंत्री विल्लुपुरम कुडुलूर तंजावुर और मैलादूतुरई तिरुवरुर रेलखण्ड के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार जीर्णोद्वार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे इससे इस नहर की जलधारण क्षमता बढ़ेगी श्री मोदी आई आईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की आधारशिला रखेंगे यह परिसर चेन्नई के पास तय्यूर में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री आज केरल में बीपीसीएल की प्रॉपीलीन डेरिवेटिव पेट्रो रसायन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे इस परिसर में एक्रीलेट एक्रिलिक एसिड और ऑक्सो एल्कोहल का उत्पादन होगा जिसके लिए अबतक आयात पर निर्भर रहना पड़ता था इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग चार हजार करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है इस परियोजना के उदघाटन के साथ ही कोच्चि तेलशोधक देश में उत्तम गुणवत्ता वाले पेट्रो रसायन का उत्पादन करने वाला पहला कारखाना बन जाएगा

इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यालय बंद रहेंगे जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी

मंत्रालय ने कहा कि सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को हमेशा इन उपायों का पालन करना चाहिए

कार्यालयों में खास निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रवेश के दौरान सभी कर्मचारियों और आगंतुकों के हाथ को सेनिटाइज करवाया जाना और थर्मल स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए राज्य में कल से कोरोना टीका के दूसरा डोज देने की शुरूआत की गयी पहले दिन तीन हजार पचासी टीकाकरण के लक्ष्य पर एक हजार नौ सौ पचास लोगों ने टीका लिया

सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने कहा कि टीकाकरण तभी सफल हो सकता है जब पहला और दूसरा डोज समय पर लिया जाए उन्होंने कहा कि वैक्सीन का पहला डोज वायरस की पहचान करता है जबकि दूसरा डोज इसके खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाता है जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि जिले में अभी तक कहीं से कोई साइड इफेक्ट का मामला नहीं आया है वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है

यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया गया है इसके तहत अब सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सौ रूपये शुल्क देना होगा वहीं अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पचास रूपये शुल्क देना होगा परीक्षा शुल्क केडिट कार्ड डेबिड कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई बैंक के चलान के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे शुल्क के साथ बैंक चार्ज अतिरिक्त लगेगा वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्त हैं उन्हें परीक्षा शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी जेपीएससी द्वारा चार सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयोग की वेबसाइट पर फार्म कल से उपलब्ध कराया जायेगा

उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही निविदा निकाली जाएगी

इसके पश्चात कर्मचारी उपभोक्ता से संपर्क कर शिकायत का समाधान करेंगे

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि इस दौरान जिन घरों के सामने कचरा मिलेगा उनसे पांच सौ रपये का जुर्माना वसूला जायेगा यह अभियान जल्द ही गली मोहल्ले में चलाया जाएगा इधर नगर निगम की टीम ने रांची स्थित बड़ा तालाब के आसपास खड़े वाहनों से जुर्माना वसूलने का काम शुरू किया गौरतलब है कि रांची नगर निगम की ओर से बड़ा तालाब को नो पार्किंग जोन घोषित किया जा चुका है निगम ने कहा है कि बड़ा तालाब टूरिस्ट स्पॉट है जहां वाहनों को पार्क करने की मनाही है

इसमें खूंटी व्यवहार न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिदिन मामलों के अनुसंधान और उद्भेदन में आवश्यक सावधानियां और जरूरी बिंदुओं पर गहनता से पड़ताल करने की विस्तार से जानकारी दी गुमला जिले की महिला फुटबॉलर सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है